नागरिकता संशोधन कानून पर सुमित्रा महाजन ने कहा शरण देना बोझ नहीं कर्तव्य

सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड कई जिलों में बारिश से तापमान और गिरा

प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में नीति आयोग में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे यह बैठक बजट पूर्व चर्चा के एक हिस्से के रूप में हुई

वहीं सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होगा आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बजट सत्र को दो चरणों में बुलाने की सिफारिश की है

इस मौके पर प्रधानमंत्री देश विदेश में अध्ययनरत छात्रों और प्राध्यापकों के साथ परीक्षा संबंधित परेशानियों से निपटने के बारे में विचार साझा करेंगे

चाहे वह पन्ना का हिन्दू हो या मुसलमान उमाभारती हो या अससुद्दीन ओबैसी हो नागरिक संसोधन कानून से किसी को कोई परेशानी नही होने वाली है वहीं जबलपुर में जबलपुर नागरिक परिषद के आह्वान पर समन्वय सेवा केन्द्र से सुपर मार्केट तक सीएए और एनआरसी के समर्थन में पदयात्रा रैली निकाली गई रैली में सांसद राकेश सिंह समेत भाजपा के अनेक नेता भी शामिल हुए उच्चतम न्यायालय चुनाव उच्चतम न्यायालय ने चुनाव के दौरान प्लास्टिक से बने बैनरों और होर्डिंग के इस्तेमाल के खिलाफ दायर एक याचिका पर केन्द्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर एक माह में जवाब देने को कहा है एल नागेश्वर राव की खंडपीठ ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है याचिका में आरोप लगाया गया कि एनजीटी ने पीवीसी बैनरों पर प्रतिबंध के बारे में केन्द्र और राज्य सरकारों तथा राज्य चुनाव आयोगों को प्रभावी आदेश जारी नहीं किया है

उद्घाटन समारोह कल इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा रंगारंग कार्यक्रम में असम का गौरव हीमा दास सहित अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री किरेन रीजीजू शामिल होंगे नए प्रकार की रोशनी और प्रौद्योगिकी की मदद से आध्निक शो उदघाटन समारोह का मुख्य आकर्षण होगा

वहीं ठंड और कोहरा के चलते विलम्ब से चलने के कारण तिरूअनंतपुरम गौरखपुर राप्ती सागर एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन किया गया है जिससे यह गाड़ी भोपाल मंडल के स्टेशनों पर अपने निर्धारित समय से कुछ देर बाद पहुंचेगी रेलवे की तेजस की तर्ज पर इंदौर से जल्द ही निजी ट्रेन चलाने की योजना है ये ट्रेने इंदौर से ओखला नई दिल्ली और इंदौर से दानापुर पटना के बीच चलेगी मौसम प्रदेश में इन दिनों सर्द हवाओं के चलने से अधिकांश जिलों में तेज ठंड का असर महसूस किया जा रहा है कुछ जिलों में बारिश होने से तापमान और भी अधिक गिर गया जिससे तेज सर्दी में आम जन जीवन को प्रभावित किया सर्द हवाओं से बचने के लिये लोगों ने अलाव जलाने और गरम कपड़ो का सहारा लिया है वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर भारत में हुई बर्फबारी और मध्यप्रदेश से सटे राजस्थान के सीमावर्ती क्षत्रों में हुई बारिश की वजह से प्रदेश में तेज सर्दी पड़ रही है

जबकि होशंगाबाद और चंबल संभाग में कहीं कहीं छुट पुट बारिश दर्ज की गई प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहा

मौसम विभाग ने विंध्य क्षेत्र के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी